अटारी बाघा सीमा पर पाकिस्तान ने उन्हें भारतीय अधिकारियों को सोंपा एयर वाइस मार्शल आरजी कपूर ने कहा है कि अभिनंदन को मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप साँपा गया है

अभिनंदन की स्वदेश वापसी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनके अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व है इधर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी अभिनंदन की वतन वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए इसे कूटनीतिज्ञ जीत बताते हुए प्रधानमंत्री को बधाई दी है विंग कमांडर अभिनंदन के वतन पहुंचते ही देशवासियों ने उनकी वीरता को नमन करते हुए खुशी जाहिर की कैबिनेट प्रदेश मंत्रिमंडल ने सेवाकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को करूणामूलक आधार पर रोज़गार प्रदान करने की नीति को सरल करने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इसका लाभ कर्मचारियों को इस वर्ष पहली अप्रैल से मिलेगा इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने नई शराब नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत आगामी वित्त वर्ष से शराब महंगी हो जाएगी मंत्रिमंडल ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा जिले के सीआरपीएफ जवान तिलकराज की पत्नी सावित्री देवी को उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में लिपिक पद पर नियुक्ति देने को मंजूरी प्रदान की

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकासात्मक योज़नाओं के शिलान्यास करेंगे इसके अलावा वे भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित अपना परिवार भाजपा परिवार मोटरसाइकिल रैली में भाग लेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे बैठक कांगड़ा के ज़िला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने कल धर्मशाला में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी उपायुक्त ने कहा कि ज़िले में स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिप्रिय चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि लाहौल स्पीति किन्नौर चंबा व कुल्लू की उंची चोटियों पर रूक रूक कर हिमपात हो रहा है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पिछले दिनों हुई बर्फबारी से सभी सड़के बंद पड़ी हैं और दूरसंचार व्यवस्था ठप्प होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्वमान की वतन वापसी को अपनी अहम खबर बनाया है दैनिक जागरण की सुर्खी है इतिहास रचने वाले वर्धमान का अभिनंदन पंजाब केसरी के शब्द हैं जांबाज का अभिनंदन अमर उजाला का शीर्षक है जन गण मन अभिनंदन बाघा बॉर्डर पर भारत मां के जयकारे

दिव्य हिमाचल का कहना है पाकिस्तान से वतन पहुंचे विंग कमांडर का अटारी सीमा पर शानदार स्वागत मंत्रिमंडल के निर्णय को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं करूणामूलक नौकरियों के अब समी होंगे हकदार पंजाब केसरी का शीर्षक है शहीद तिलक की पत्नी को लिपिक की नौकरी देगी सरकार मौसम पर आपका फैसला का शीर्षक है मौसम विभाग ने अगले पांच दिन तक जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना

नमस्कार